मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इसके लिये कार्य की गति को बढ़ाया जाये जिससे लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रभावित गतिविधियों की भरपाई की जा सके उन्होंने सभी जनपदों में केन्द्र और राज्य सरकार की विकास परक तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जनपद आगरा मेरठ फिरोजाबाद मुरादाबाद गौतमबुद्ध नगर बुलन्दशहर अलीगढ़ गाजियाबाद कानपुर नगर झांसी तथा बस्ती में प्रोफेसर स्तर के वरिष्ठ एवं अन्भवी विशेषज्ञों को भेजा जाये जो स्थानीय मेडिकल टीम को उपचार संबंधी उचित परामर्श और सहयोग प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में कहीं भी पेयजल का संकट न होने के लिये आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिये प्रदेश सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों में कोरोना संक्रमण के स्तर का पता लगाने के लिए आज से राज्यव्यापी जांच अभियान शुरू किया है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे लोगों के नमून लिए जाएंगे जिन्हें रोजगार के लिए बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है आज अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की टीमां ने वृद्वा आश्रम महिला हॉस्पिटल अनाथालय और किशोर गृह जाकर वहां के निवासियों के सैंपल लिये अलग अलग दिनों में उन लोगों के भी सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे जो होम डिलीवरी में शामिल हैं अखबार बेचते हैं अस्पतालों में काम करते हैं दूध की सप्लाई करते हैं सिक्योरिटी का काम करते हैं फार्मासिस्ट या सेल्समैन हैं या फिर अस्पतालों में ऑफिस का काम करते हैं इस अभियान का मकसद कोरोना वायरस के संक्रमण के स्तर का आकलन करना है ताकि उसके नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें

यहां गांव के दूसरे लोगों की जांच की गई ताकि पता चले कि प्रवासी मजदूरों से उनमें संक्रमण हुआ है या नहीं इन सभी जांचों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अन्तर्गत जनपद अमेठी को आत्मनिर्भर बनाने को उद्देश्य से बक ऑफ बड़ौदा द्वारा संचालित ई स्वरोजगार संगम योजना से कारोबारियों के दिन बहुरने लगे हैं

हमें अपना रोजगार फिर से शुरू करने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसकी वजह से हम फिर से अपना कार्य शुरू करने में सक्षम हुए हैं

केंद्रीय मंत्री व क्षेत्रीय सांसद स्मृति ईरानी ने बैंकों को सुझाव दिया है कि भारत सरकार द्वारा जारी सुरक्षा के सभी निर्देशों का अनुपालन किए जाने के साथ किसानोंरेड़ी पटरी द्रकानदारों व उद्यमियों को ऋण सुविधा का प्रस्ताव देकर उन्हें जागरूक करें जिससे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना पूरा किया जा सके दर्शन साहू आकाशवाणी समाचार अमेठी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

कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि देश को निगरानी और रोकथाम संबंधी रणनीतियों को जारी रखना होगा उन्होंने कहा कि भारत जितना बड़ा देश है उसे देखते हुए महामारी का फैलाव काफी कम है

इसी तरह प्रति लाख मृत्यु दर की दृष्टि से भी भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु वाले देशों में है

एक ही दिन में संक्रमित लोगों की यह सर्वाधिक संख्या है

देश में कोरोना से मृत्यु दर दो दशमलव आठ पांच प्रतिशत पर पहुंच गई है

परिषद सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति देकर लगातार जांच सुविधाओं में वृद्धि कर रही है

प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस समय चार हजार छह सौ बयालीस कोरोना के सक्रिय रोगी है अब तक प्रदेश में संक्रमण के कुल बारह हजार छह सौ सोलह मामले पाये गये हैं बीस और कोरोना संक्रमित लोगों की मौत के बाद राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़ कर तीन सौ पैंसठ हो गई है उन्होंने बताया कि राज्य में चार लाख उन्नीस हजार नौ सौ चौरान्नवे कोरोना नमूनों की अब तक जांच की जा चुकी है कल पन्द्रह हजार छह सौ सात नमूनों की जांच की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के विधायक और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करते हुए स्वर्गीय पारसनाथ यादव के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है लगभग सत्तर वर्षीय श्री यादव काफी समय से बीमार थे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्री यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है रेल विभाग राज्य सरकारों को कोविड उपचार केंद्र मुहैया कराएगा

रेल मंत्रालय के अनुसार इन बोगियों का उपयोग कोरोना के सामान्य मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सकता है

श्री अवस्थी आज लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले नौ सौ उन्नीस लोगों के खिलाफ छह सौ पिनचानवे एफआईआर दर्ज करते हुए तीन सौ पच्चीस लोग गिरफ्तार किये गये हैं